लखनऊ से आज प्रदेश के ग्यारह जिलों की एक हजार एक ग्राम पंचायतों के एक लाख सत्तावन हजार दो सौ चवालीस लोगों को उनके आवासीय अभिलेख यानी घरौनी का ऑनलाइन वितरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को मकान के पक्के अभिलेख मिल जाने के बाद कोई दबंग उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा उन्होंने कहा कि यह योजना पिछले साल अप्रैल में शुरू की गयी थी और इसकी प्रगति उल्लेखनीय है अब तक राज्य में बयासी हजार नौ सौ तेरह गांवों को इस योजना के लिए अधिसूचित किया जा चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से कई समस्याएं हल की जा सकती हैं उन्होंने कहा कि पहले लेखपालों द्वारा नपाई में गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं लेकिन अब ड्रोन से सर्वेक्षण कर भूमि की नपाई का कार्य किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन डिजिटल खसरे का भी शुभारभ किया उन्होंने कहा कि खसरा ऑनलाइन उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ेगी प्रदेश में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का कोविड टीकाकरण आज भी जारी है कल एक हजार सात सौ इक्कीस सत्र आयोजित कर अग्रिम मोर्चे के एक लाख से अधिक कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया इस चरण में पुलिसकर्मियों होमगार्ड सिविल डिफेंस स्वच्छता कर्मियों राजस्व विभाग के कर्मचारियों अर्ध सैनिक बलों और सैन्य कर्मियों सहित अन्य विभागों के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन लोगों को टीके लगाये गये वे सभी पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हैं आज जिन लोगों को टीके लगाये गये उन्हें दूसरा टीका सोलह मार्च को लगाया जायेगा अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के लिये अगला टीकाकरण सत्र अट्ठारह फरवरी को आयोजित होगा टीकाकरण से सम्बन्धित किसी भी जानकारी के लिये हेल्पलाइन संख्या एक शुन्य चार और राष्ट्रीय हेल्पलाइन संख्या एक शुन्य सात पांव पर सम्पर्क किया जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक होने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि बचाव और उपचार की सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए लखनऊ में आज एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अब बीएसएल फोर लैब स्थापित किए जाएं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोविड नमूनों की जांच के लिए प्रदेश में बीएसएल थ्री स्तर की प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं अब इससे आगे बढ़ते हुए बीएसएल फोर प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड आपदा के पीड़ित परिवारों को हरसम्मव राहत उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हरसम्भव सहायता और राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों से देश को एक प्रगतिशील विचाखारा दी उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल ने देश की आर्थिक समस्याओं पर गहन चिन्तन किया था इसीलिए उनका मानवतावादी दर्शन सभी के लिए कत्याणकारी था राज्यपाल आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को लखनऊ से वर्चअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जब भी मनरेगा में कोई मांग की जाती है तो सरकार उसे पूरा करने का प्रयास करती है राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री तोमर ने कहा कि मनरेगा में मांग बढ़ने के बाद बजट में वृद्वि की गई है श्री तोमर ने कहा कि दो हजार बीस इक्कीस के चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत कुल एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपये के आवंटन में से लगभग नब्बे हजार करोड़ रुपये पहले ही राज्यों को वितरित किए जा चुके हैं उत्तराखंड में सुरंग में फंसे पच्चीस से पैंतीस लोगों को निकालने का अभियान आज चौथे दिन भी जारी है अब तक सैंतीस शव निकाले जा चुके हैं एक सौ सड़सठ लोग अब भी लापता हैं धौलीगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बचाव कार्य को समय समय पर रोकना पड़ रहा है